चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर है

विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जूटे हैं प्रदेश के मालवा निमाड़ की आठ सीटों इंदौर देवास उज्जैन धार मंदसौर रतलाम खंडवा और खरगौन में भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का प्रचार जोर षोर से चल रहा है

वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल अलीराजपुर के अंबुआ में चुनावी सभा को संबोधित किया पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान इन्दौर मंदसौर उज्जैन और रतलाम झाबुआ सीटों पर चुनावी सभाएं कीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह देवास जिले के विजयगंज मंडी रतलाम जिले में शिवगढ़ और खरगोन सीट पर आभापुरी में चुनावी सभाएं की मतगणना तैयारी प्रदेश में उन लोकसभा सीटों पर मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है जहां मतदान कराया जा चुका है षिवपुरी में कल मतगणना से संबंधित जानकारी देने के लिए चुनाव अधिकारियों के साथ उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक की गई वहीं भोपाल जिले में मतगणना के लिए प्रशिक्षण की शुरूआत की गयी इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले चरण का प्रशिक्षण दिया गया सतना में मतगणना कर्मचारियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया शाजापुर जिला मुख्यालय पर मतगणना के लिये नियुक्त किये गये माइको आब्जरवर्स गणना पर्यवेक्षक और सहायकों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ रायसेन में कलेक्टर ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मतगणना स्थल का जायजा लिया और मतगणना अधिकारियों को मतगणना संबंधी आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है सीहोर में भी शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं वहीं होशंगाबाद के शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय में मतगणना के लिये अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया नरसिंहपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने मतगणना के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं मतदाता जागरूकता खण्डवा लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए आज जागरूकता अभियान के तहत जिला स्तरीय बेडमिंटन प्रतियोगिता निमाड़ क्लब में आयोजित की गई है

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से कहा गया है कि वे अपना रैकेट एवं शटलकॉक स्वयं लेकर उपस्थित हो

राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देश में शिक्षा के विस्तार में सहयोग करने के लिए युवाओं का आव्हान किया है श्रीमती पटेल ने कल भोपाल में टीआईटी के प्लेसमेंट डे कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि नौकरी में अच्छा पैकेज मिलना पर्याप्त नहीं है उपलब्धि तब है जब आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग करें राज्यपाल ने युवाओं से कहा कि पूरे देश को अपना परिवार मानते हुए कार्य करें जिस संस्थान में रहें वहाँ के श्रमिकों और कर्मचारियों से उनकी समस्याओं बच्चों की शिक्षा आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उनकी भरपूर मदद करें राज्यपाल ने कहा कि ज्ञान का उपयोग नई पीढ़ी को सही रास्ता दिखाने तथा देश और समाज के विकास में करें कुशल मानव संसाधन ही राष्ट्र की पूँजी होता है इसलिये शिक्षण संस्थाओं को नवाचार और अनुसंधान पर विशेष ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि व्यावसायीकरण के दौर में केवल तकनीकी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी जरूरी है उन्होंने भारतीय नैतिक मूल्यों का शिक्षा में समावेश करने की आवश्यकता बताई श्रीमती पटेल ने सफल छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं

मौसम प्रदेश में मौसम ने फिर तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया हैं और अधिकांष स्थानों पर तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है

इन शहरों में गर्म हवाएं चल रही है और लू के हालात हैं स्थानीय मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार प्रदेष में अगले कुछ दिन तापमान के बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा अगले चौबीस घंटों में प्रदेश में अधिकांश स्थलों पर मौसम शुष्क रहेगा

सभी आरोपी मूलत इंदौर के निवासी बताये जा रहे हैं

सभी घायलों को उपचार के लिये जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

पुलिस ने इस संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है